उन्होंने कहा कि बैंकों के पास अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है इन उपायों से होम लोन और कार लोन की ईएमआई में भी भारी कमी आयेगी हालांकि रिजर्व बैंक ने कर्ज देने वाली सभी संस्थाओं को टर्म लोन किश्त के भुगतान तीन महीने स्थगित रखने की अनुमति दी है श्री दास ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी भी दी

जिला प्रशासन मरीज के सम्पर्क में आये लोगों की पहचान कर उनकी स्क्रीनिंग कर रहा है केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता बनाए रखने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की हैं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला जैसे उनके उत्पादन स्थानीय दुकानों के जरिए उनकी थोक और खुदरा बिकी और ई कॉमर्स कम्पनियों के माध्यम से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित होगी सरकार ने अब तैयार भोजन की होम डिलिवरी करने वाले होटल और रेस्टोरेंट्स को भी आवश्यक सेवाओं में शामिल किया है केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के लिए कल गृह विभाग के मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों से दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की सूचना मिलने के बाद विभाग ने सभी किराना दुकानदारों को दुकान के बाहर वस्तुओं की मूल्य सूची लगाने के आदेश दिए है उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे और किसी भी हालत में धार्मिक सभा नहीं की जा सकेगी राज्य सरकार ने बिजली और पानी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है

जलदाय विभाग ने भी मार्च के पानी बिलों को भरने की तारीख आगे बढाने के निर्देश दिए है जलदाय विभाग ने इस दौरान घर घर वसूली और नीलामी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिये है राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से लौट रहे दिहाडी मजदूरों की मदद के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए है देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद ये दिहाडी मजदूर हजारों की संख्या में पैदल ही राजस्थान लौट रहे है जालोर के पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष ने बताया कि जालोर और सिरोही जिले की सीमाओं पर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमे कैम्प लगाकर आने वालों की स्क्रीनिंग कर उनका विवरण दर्ज कर रही है इसके बाद इन्हें रोडवेज बसों के माध्यम से इनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है

दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर धारावाहिक रामायण का कल से पुनः प्रसारण शुरू होगा